और नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को सफलता लातेहार में मुठभेड़ के बाद हथियार और कारतूस बरामद

नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के तौर तरीकों के बारे में विचार विमर्श के लिए मंत्रियों के एक उच्च स्तरीय समूह की आज नई दिल्ली में बैठक हुई बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और विदेश सचिव हर्षवर्द्वन श्रंगला भी शामिल हए

प्रधानमंत्री ने कल नोवल कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की इसमें जांच सुविधाओं को और बढ़ाने के साथ ही भारत की तैयारियों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई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

इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाईन नम्बर भी जारी किये हैं

कोरोना वायरस से पैदा हुए विष्वव्यापी संकट से निपटने के लिए झारखंड में भी व्यापक तैयारियां की गयी हैं इस राष्ट्रीय महामारी की रोकथाम के लिए कई स्तरों पर उपाय किये जा रहे हैं

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

उन्होंने कहा कि रद्द ट्रेनों के यात्रियों के टिकट की रकम बिना किसी कटौती के लौटा दी जायेगी वे लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों द्वारा उठाये गए मुद्दे पर जवाब दे रहे थे निर्भया कांड के चारों दोषियों को कल सवेरे साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी आज उच्चतम न्यायालय से लेकर दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत तक दोषियों की याचिकाओं पर सुनवाई हई अदालतों ने सभी छह याचिकाओं को खारिज कर दिया सरकारी वकील ने बताया कि चारों दोषियों के पास अदालत में अब कोई विकल्प बाकी नहीं है वहीं निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि सात साल की लंबी लड़ाई के बाद अब बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी

उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने आज राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली

इस अवसर पर अनेक विपक्षी सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गये श्री नायडु ने विपक्ष के विरोध को अनुचित बताया लोगों की पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए केन्द्र सरकार की ओर से देशभर में पोषण अभियान चलाया जा रहा है राज्य के खुंटी जिले में भी इस अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं चिकित्सा विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों सहित अन्य पक्षों के साथ मिलकर पोषण आधारित गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है एक तरफ जहां किषोरियों और महिलाओं में खून की कमी की जांच की जा रही है वहीं टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है कपोषण उपचार केन्द्रों को भी सकिय कर दिया गया है

नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है लातेहार जिले के चंदवा थानाक्षेत्र के मइमा जंगल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के साथ मुठभेड़ के बाद चलाये गये सर्च अभियान में पुलिस ने दो देसी रायफल तेरह कारतूस और अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की है राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से मौसम में परिवर्तन आया है आकाष में बादल छाये हुए हैं और बूंदाबादी हो रही है मौसम विज्ञान केन्द्र रांची ने अगले तीन दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिष और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि पष्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर राज्य में दिखाई पड़ रहा है